इस विषय की दोबारा परीक्षा आठ मार्च को होगी

देशभर में कोविड टीकाकरण की संख्या एक करोड़ चार लाख से अधिक हुई

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

बोर्ड ने प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की प्रष्टि के बाद परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है सामाजिक विज्ञान की दोबारा परीक्षा अब आठ मार्च को होगी प्रश्न पत्र लिक करने के आरोप में जमुई जिले के झाझा स्थित एक बैंक के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक होने का मामला विधानसभा में उठाये जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जांच के आदेश दिये थे केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नये कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुये कहा है कि इससे उनका सशक्तिकरण होगा श्री प्रसाद ने कल पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि नये कृषि कानूनों से किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की आजादी होगी वहीं लोगों को केन्द्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुये श्री प्रसाद ने कहा कि अगले छह महीनों के दौरान बिहार के पैंतालीस हजार गांवों में ऑप्टिकल फाईवर बिछाये जायेंगे इससे प्रदेश का प्रत्येक गांव इंटरनेट से जुड़ जायेगा देश में कल कुल छह लाख अंठावन हजार छह सौ चौहत्तर लाभार्थियों को टीके लगाए गए जो कोविड उन्नीस टीकाकरण के दौरान एक दिन में सबसे अधिक लगाए गए टीके हैं नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर मनदीप भण्डारी ने बताया कि अब तक एक करोड़ चार लाख उनचास हजार नौ सौ बयालीस लाभाथियों को टीके लगाए जा चुके हैं उन्होंने कहा कि अब तक सत्तर लाख बावन हजार आठ सौ पैंतालीस स्वास्थ्यकर्मियों और तैंतीस लाख संतानवे हजार संतानवे अग्निम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण हो चूका है

पांच लाख पन्द्रह हजार दो सौ अस्सी लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है जबकि टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या पैंतीस हजार से अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है इधर प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव दो दो प्रतिशत हो गयी है े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले महीने से आम लोगों को भी कोरोना टीका मिलने लगेगा उन्होंने पटना में पत्रकारों से कहा कि पहले पचास वर्ष से अधिक उम्र के बुजूर्ग लोगों को और उसके बाद पचास वर्ष से कम उम्र के गम्भीर रोगों से पीड़ित लोगों को कोविड का टीका दिया जायेगा सरकार ने इसके लिए प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में तीसरे गहन मिशन इन्द्रधनुष का शुभारंभ किया टीकाकरण में तेजी लाने के इस कार्यक्रम के दो चरण होंगे पहला चरण इस महीने की बाईस तारीख से और दूसरा अगले महीने की इसी तारीख से शुरू होगा प्रत्येक चरण पन्द्रह दिन का होगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस प्रकार के पहले के अभियान काफी सफल रहे हैं और अभियान के तहत इस सफलता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा

हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीसरे गहन इन्द्रधनुष मिशन का उद्देश्य सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सभी टीके उन सभी लोगों को लगाए जाने हैं जिन्हें ये अब तक नहीं लगे हैं इसके तहत सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा

दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद सुबह दस बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे बैठक ेमें कृषि बुनियादी ढांचा विनिर्माण मानव संसाधन विकास जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति स्वास्थ्य और पोषण पर विचार विमर्श किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों का पंचायतवार डाटाबेस बनाया जायेगा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद उनके लिए बीस लाख से अधिक रोजगार के नये अवसर सुजित किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार केन्द्र के सहयोग से दलहन की खरीद की व्यवस्था भी कर रही है राज्यपाल ने कहा कि सुशासन के कार्यक्रम के तहत सात निश्चिय पार्ट टू का क्रियान्वयन अगले वित्तीय वर्ष से शुरू किया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है राज्यपाल ने कहा कि ग्राम पंचायत के सरकारी भवनों में भी लोक सेवा के लिए काउंटर खोले जायेंगे उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा में रहेगा श्री प्रसाद ने कहा कि बिहार दो हजार चार पांच से ही लगातार राजस्व सरप्लस वाला राज्य रहा है उन्होंने विधानमंडल में पेश आर्थिक सर्वेक्षण पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है इस मौके पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्वार्थ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी का विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ा है इसके बावजूद प्रदेश की प्रगति संतोषजनक है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से अधिक बिजली उत्पादित हो रही है विदेश राज्य मंत्री वी मूरलीधरन ने पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में डिजी लॉकर के इस्तेमाल की एक नई योजना आरंभ की इसमें आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के आवेदन में सरकार के डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस नई योजना से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले डिजी लॉकर में अपलोड किए गए अपने दस्तावेजों का लिंक प्रदान कर सकते हैं इससे वे डिजी लॉकर माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज कागज रहित रूप में जमा करा सकेंगे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत डिजिलॉकर एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है राज्य में पंचायतों में तीन मार्च तक आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनाये जायेंगे यह अभियान इस महीने के सत्रह तारीख से चल रहा है लोग इस संबंध में टोल फ्री नम्बर एक चार पांच पांच पांच पर फोन करके और जानकारी ले सकते हैं इसके अलावा एक अन्य टोल फ्री नम्बर एक शून्य चार पर सम्पर्क करके लाभार्थी अपनी पात्रता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को एक साल में पांच लाख रूपये तक के स्वास्थ्य बीमा के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है गृह विभाग ने निलंबित चल रहे पुलिस उपाधीक्षक निसार अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हुये फिर से इंस्पेक्टर बना दिया है एक निर्दोष को दुष्कर्म का दोषी बनाने के आरोप में पूलिस अधिकारी पर यह कार्रवाई की गयी है बताया जाता है कि तीन साल पहले पश्चिम चम्पारण जिले में नरकटियागंज का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहते हये निसार अहमद ने एक निर्दोष व्यक्ति को बिना साक्ष्य के दोषी बना दिया था नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी ने राज्य के सभी एक सौ उनतालीस आईटीआई को सम्बद्धता दे दी है श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने इसकी पुष्टि की है इस बीच श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बताया है कि सरकारी आईटीआई में छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए वर्चुअल क्लास की व्यवस्था की जा रही है रोहतास जिला अनुश्रवण समिति की बैठक सासाराम में हुई इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा और नगर विकास समेत अनेक योजनाओं की समीक्षा की गयी और कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया अररिया जिले में वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से दो हजार छह सौ तिरपन लीटर विदेश शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया तस्करी की शराब असम से दरभंगा ले जाई जा रही थी जमुई जिले के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने एसीएसटी थाना के थानाध्यक्ष राजेश कुमार को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया है पश्चिम चम्पारण के पूर्व जिला पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या मामले में पूलिस अधीक्षक किरण कुमार जाघव ने नौरंगिया थाने में तैनात एएसआई अनिल सिंह को निलंबित कर दिया जबकि कई अन्य पुलिसकर्मियों को लाईन हाजिर किया गया है कटिहार जिले के बारसोई में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की ओर से एक सौ पच्चीस दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राई साईकिल व्हिल चेयर वाकिंग स्टीक समेत अन्य जरूरी सामग्री दी गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानमंडल का बजट सत्र ेके शुरू होने और राज्यपाल के अभिभाषण को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने राज्यपाल फागू चौहान के बयान को शीर्षक बनाते हये लिखा है विकसित बिहार के लिए सरकार संकल्पित दैनिक भास्कर ने आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े तथ्यों और आंकड़ों को प्रकाशित करते हुये लिखा है हमारी विकास दर देश से दोगुनी पटना की प्रति व्यक्ति आय बिहार से तीन गूनी दैनिक जागरण ने आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी खबर को ही शीर्षक बनाते हुये लिखा है बेहतर हो रही गांवों की अर्थव्यवस्था प्रभात खबर ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज होने को प्रमुख सूर्खी बनाया है राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिये लोगों की सकारात्मक बातें पहुंचाये

इस विषय की दोबारा परीक्षा आठ मार्च को होगी

देशभर में कोविड टीकाकरण की संख्या एक करोड़ चार लाख से अधिक हुई